प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा भारत मुश्किल समय में निराश होने वाला राष्ट्र नहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि देश पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कोविड महामारी की चुनौती से बाहर निकलेगा हैदराबाद में आज पहली स्पूतनिक वैक्सीन लगाई गई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

श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

रांची के एटीआई टीका केन्द्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरूआत की टीकाकरण अभियान में युवाओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी में देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है उन्होंने कहा कि इस टीका को लोग अपने पूरे परिवार के लिए सुरक्षा कवच के रूप से देख सकते हैं

दस मई तक केंद्र सरकार के कोटे से चार लाख चौदह हजार तीन सौ चालीस डोर्ज कोवैक्सीन के और दो लाख चौतीस हजार चार सौ डोज कोवीशील्ड वितरण के लिए स्टॉक में हैं रांची में राज्य सरकार के स्टॉक में को वैक्सीन की एक लाख चौतीस हजार चार सौ और कोवीशील्ड की एक लाख डोज उपलब्ध है ये सभी वैक्सीन राज्यवासियों को निःशुल्क दिये जायेंगे अभी तक राज्य के अठारह से चौवालीस आयुवर्ग में लगभग तीस हजार लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि देश पूरी मजबूती और समर्पण से देशकोरोना महामारी की चुनौती से उभर जाएगा उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत मुश्किल घड़ी में हिम्मत हारने वाला देश नहीं है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक लाभ की आठवीं किस्त जारी करने के बाद एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि किसानों ने कोविड के दौरान परीक्षा घड़ी में देश के प्रति दृढ़ सेवा भाव दिखाया है झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के जिलों में आज अठारह वर्ष से लेकर चौवालीस वर्ष तक के लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ

जिला मुख्यालय सराय जिला के सदर अस्पताल में दस बजकर तिरपन मिनट पर पहला टीका हरीश नामक टाटा स्टील कर्मी को दिया गया वहीं जमशेदपुर के शहरी इलाके में दो वैक्सीन सेंटर तैयार किये गए हैं इनमें लोयला वैक्सीन सेंटर पूर्ण रूप से वीआईपी वैक्सीन सेंटर है इन वैक्सीन सेंटरों में सोशल डिस्टनसिंग के तहत बैठने की उत्तम व्यवस्था है गोड्डा जिले में ग्यारह स्थानों पर नए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं उपायुक्त भोर सिंह यादव ने टीकाकरण की शुरुआत कराई उन्होंने कहा कि युवाओं में बहुत उत्साह है सारे स्लॉट भर गए हैं कल से दो और नए सेंटर खोले जाएंगे वहीं रामगढ़ स्थित रामगढ़ कॉलेज में टीकाकरण अभियान की शुरुआत विधायक ममता देवी ने की उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए यह बहुत जरूरी है कि सभी योग्य व्यक्ति अनिवार्य रूप से कोरोना के टीके का दोनों दोज लें सिविल सर्जन डॉक्टर गीता सिन्हा ने कहा कि कोरोना का टीका लेना बहत आवश्यक है वहीं लोहरदगा में भी टीकाकरण प्रारंभ किया गया इस मौके पर उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने जिले के दो केंद्रों ओल्ड मेसो भवन और हटिया गार्डेन के टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का शुभारंभ किया उपायुक्त ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है खूंटी जिले में भी युवाओं को दिए जाने वाले वैक्सीनेशन के पहले दिन छह कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीकाकरण की शुरुआत की गई

दुमका जिले के जरमुंडी प्रखण्ड मुख्यालय में कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पत्रलेख ने विधिवत टीकाकरण अभियान शुरू किया इस मौके पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है झारखंड में कोरोना के छह हजार आठ सौ बयासी मरीज स्वस्थ हुए हैं कल कोरोना के चार हजार नौ सौ एकानबे नए केस मिले हैं जबकि राज्य में कोरोना से एक सौ आठ मरीज की मौत हुई है मृतकों में सबसे अधिक रांची से चालीस मरीज शामिल है

इनमें अड़तालीस हजार चार सौ अड़सठ सक्रिय केस हैं जबकि दो लाख तिरपन हजार चार सौ नब्बे मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में चार हजार दो सौ नब्बे मरीज की मौत कोरोना से हई हैं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट बयासी दशमलव सात सात प्रतिशत है रांची में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना के छह सौ पांच नए केस मिले है

हैदराबाद में आज पहली स्पूतनिक वैक्सीन लगाई गई इसके साथ ही रूस में बने स्पूतनिक टीके की भारत में औपचारिक शुरूआत हो गई है डॉक्टर रैड्डीज लेबोरेटरीज ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि उसे कल सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी कसौली से इसकी मंजूरी मिल चुकी है स्पूतनिक वी का मूल्य नौ सौ अड़तालीस रुपये है और पांच फीसदी जीएसटी लगने के बाद इसकी कीमत लगभग नौ सौ पंचानबे रुपये प्रति टीका हो जाएगी स्पूतनिक वी की पहली खेप इस महीने की पहली तारीख को हैदराबाद पहुंची थी राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहनों के परिचालन को लेकर परिवहन विभाग ने एसओपी जारी किया है

राज्य के भीतर और बाहर जाने वाली बसों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा राज्य में निजी वाहन से यात्रा करने वालों के लिए ई पास वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट साथ में रखना आवश्यक होगा ई पास झारखंड डॉट निक डॉट इन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उदेश्यों या अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहन के रूप में निबंधित टैक्सी टेंपो ई रिक्शा का परिचालन ई पास के बगैर होगा इन वाहनों के परमिट रूट पास को ही ई पास माना जाएगा राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाली सभी निजी वाहनों टैक्सी के लिए साथ में ई पास होना अनिवार्य है राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा राज्य के अंदर निजी वाहन टैक्सी ई रिक्शा चालकों और यात्रियों को कोविड व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा वहीं राज्य में आने और बाहर जाने वाले सभी लोगों को अपना निबंधन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट झारखंड ट्रैवल डॉट इन पर कराना अनिवार्य होगा निबंधन यात्रा के लिए जाने से पहले कराना होगा राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य है जिनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है जिला प्रशासन द्वारा वैसे व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन केन्द्रों में रखा जाएगा

पश्चिम सिंहभूम जिले में आज से अठारह वर्ष से लेकर चौवालीस वर्ष तक के लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने का अभियान शुरू हुआ

बोर्ड ने कहा है कि इस संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय आधिकारिक तौर पर जनता को सूचित किया जाएगा पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रांची जिला प्रशासन ने भी अन्य जिलों की तरह चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया है जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निगरानी की जाने वाली चाइल्ड प्रशासन की टीम प्रभावित बच्चों को संरक्षण प्रदान करेगी बच्चों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करने और आवश्यकता का आंकलन करने के बाद जिला बाल कल्याण समिति अंतिम निर्णय लेगी यदि अनाथ हए बच्चों के परिवार में कोई सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए सहमत है तो उन्हें देखभाल करने के बदले मासिक प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति के सदस्य संबंधित घर का दौरा कर सर्वेक्षण करेंगे इसके अलावा यह हेल्पलाइन उन बच्चों को भी अस्थायी सहायता देगी जिनके माता पिता अस्पताल में इलाजरत हैं पाकुड़ जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के इशाकपुर गांव मे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी हत्या करनेवालों ने एक आंख भी निकाल ली और शव को पोखर के पास फेक दिया मृतक मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के जय कीस्टोपुर गाँव का रहने वाला था पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है